राज्यसभा में आज देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही वैक्सीन के लिए जैसे दुनियामर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिर्डेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेस वन फेस दू और फेस थी के अंदर पहुंच गए हैं उम्मीद है कि अगले के शुरूआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने में कोरोना योद्वाओं की भूमिका की सराहना की डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नमूनों की जांच के मामले में भारत कुछ दिनों में दूनिया में पहर्ले स्थान पर पहुंच जाएगा कोरोना समाचार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंगेली जिले में आज से तेईस सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है जिले के लोरमी पथरिया सरगांव समेत पंद्रह ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही खोली जाएंगी इससे पहले कल शाम मुंगेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और आम लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाईश दी वहीं दूर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर आगामी बीस से तीस सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें गौरतलब है कि जिले में अब तक सात हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं संक्रमण से साठ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है गौरतलब है कि इससे पहले राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के प्रभावित इलाको में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है इधर सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर कोरोना जांच के लिए मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं वहीं जांजगीर के कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल से भागकर खुदकृशी कर ली है कृलीपोटा गांव के रहने वाले इस युवक ने खोखसा रेलवे फाटक के पास ट्रेन के सामने कदकर आत्महत्या कर ली मामले की जांच की जा रही है उंधर महासमुद जिले के सभी अस्पतालों सहित होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा काढ़ा का वितरण किया जा रहा है जिले में होम आइसोलेशन वाले मरीजों की सविधा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है उधर बिलासपुर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आज शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक ली इस मौके पर व्यापारिक संगठनों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर देने और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर काढ़ा पिलाने की व्यवस्था करने के बारे में अपनी सहमति दी इधर सरगुजा संभाग के मुख्य वन संरक्षक कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में आए सभी अधिकारी और कर्मचारी क्वारेंटाइन हो गए हैं वहीं महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद के पंचायत सचिव की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था प्रदेश में कल तीन हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा पचहत्तर हजार को पार कर गया है इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में सैंतीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं लगभग छत्तीस हजार मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्र वामपंथी उग्रवाद केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है साथ ही देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव भी कम हुआ है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्ष दो हजार दस में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे जबकि वर्ष दो हजार उन्नीस में दो सौ दो लोगों की मौत हुई थी इस वर्ष पंद्रह अगस्त तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में एक सौ दो लोग मारे गए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक एक सौ सैंतीस लोगों की जान गई थी वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष दो हजार पंद्रह में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना तैयार की थी इसमें सुरक्षा उपाय विकास कार्यों की शुरुआत और स्थानीय समृदायों के अधिकारों और पात्रता को सुनिश्चित करना शॉमिल है मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख ढांचागत योजनाओं के अलावा कई अन्य ैविकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है इनमें सड़क निर्माण मोबाइल टावर कौशल विकास बैंकों और डाकघरों स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के नेटवर्क में सुधार शामिल हैं प्रधानमंत्री जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है इस दौरान चौदह सितंबर से बीस सितंबर तक देशभर में व्हीलचेयर वितरण और स्वच्छता संबंधी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रति एम वेंकैया नायडू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई अन्य प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं छत्तीसंगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन और पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर मध्यप्रदेश के छिंदवाडा जिले में स्थित अपने फॉर्म हाउस में पौधारोपण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर रायपुर और बिलासपुर में आयोजित सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए इसके अलावा आज दुर्ग जांजगीर कोंडागांव बस्तर मुंगेली सहित प्रदेश के अन्य जिलों में सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं

इनमें रेलवे ओव्हरब्रिज के साथ ही कंचनडीह बारीउमराव सड़क में सोन नदी पर पुल और कई गांवों में आंगनबाड़ी भवनों के साथ ही अनेक विकास कार्य शामिल हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री इक्कीस सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ भी करेंगे पार्षद मनोनयन राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों में बीते वर्ष अक्टूबर में नामांकित किए गए बाईस पार्षदों के मनोनयन को निरस्त करते हुए नये व्यक्तियों का मनोनयन नामांकित पार्षद के रूप में किया है इसके अलावा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में एक सौ पचयासी नये नामांकित पार्षदों का मनोनयन भी किया गया है पुस्तक खरीदी छत्तीसगढ़ पाठ्य प्रस्तक निगम द्वारा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की पुस्तकों को विक्रय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ये पुस्तकें डाक से भेजी जाएंगी डाक खर्च पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा वहन किया जाएगा वहीं स्कूलों के प्राचार्य शिक्षक और विद्यार्थी यदि इन प्रस्तकों को सीघे पाठय पुस्तक निगम के भंडार से खरीदतें हैं तो उन्हें पंद्रह प्रतिशत की छूट दी जाएगी चबूतरा निर्माण बारिश के मौसम में धान को भीगने से बचाने के लिए और व्यवस्थित रूप से खरीदी कार्य पूरा करने को उद्देश्य से राज्य के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने समी जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को दूसरे चरण में चबूतरों के निर्माण के लिए स्थल चयन के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबतरा निर्माण का निर्णय लिया गया था पहले चेरण में अब तक साढ़े चार हजार से अधिक चबूतरों का निर्माण कराया जा चुका है लोक अदालत स्थगित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा उन्नीस सितंबर को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है वहीं महासमुद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता के लिए विशेष जनचेतना अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान अगले वर्ष अगस्त महीने तक चलेगा वन मंत्री कवर्धा दौरा वन मंत्री और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कवर्घा प्रवास के दौरान अपने विधायक निधि से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहे एक सौ बासठ छोटे व्यवसायियों को आठ लाख रूपये से अधिक की सहयोग राशि प्रदान की इसके अलावा उन्होंने कबीरघाम जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एक एंबुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं श्री अकबर ने बोड़ला विकासखंड के बालसमुंद निवासी दिवंगत झामसिंह ध्र्वे के परिजनों से भी मुलाकात की और उनकी पत्नी को एक लाख रूपये की आर्थिक मदद का चेक प्रदान कियाँ गौरतलब है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा पर कथित रूप से पुलिस द्वारा गोली चलाने पर श्री झामसिंह की मौत हो गई थी

इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है आज स्वच्छ स्टेशन थीम पर बिलासपुर उसलापुर रायगढ़ और चांपा के अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई की गई साथ ही यात्रियों को गंदगी नहीं फैलाने के संबंध में जागरूक भी किया गया इस पखवाड़े के दौरान तीस सितंबर तक जोन और मंडल स्तर पर स्वच्छता पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी पदस्थापना सरगुजा संभाग की अपर आयुक्त जिनेविवा किन्डो को सरगुजा संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं सुश्री किन्डो के पदभार ग्रहण करने के बाद बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय कमार अलंग सरगुजा संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे वहीं राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में दो अधिकारियों की नई पदस्थापना की है अंबिकापुर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर आरके सिंह को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय का प्रभारी संचालक बनाया गया है वहीं उनके स्थान पर रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में चर्म विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पीके निगम को अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय का प्रभारी अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है संक्षिप्त समाचार अंबिकापुर के नवापारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुविधा का शुमारंभ किया केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन के माध्यम से बलरामपुर जिले में युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज राईस मिलर्स की बैठक ली उन्होंने जिले के चार संग्रहण केन्द्रो में जमा धान का उठाव तत्काल करने के निर्देश दिए राजनांदगांव में ऑनलाइन ठगी के दो मामले सामने आए हैं अज्ञात आरोपियों ने दो लोगों के बैंक खाते से एक लाख रूपये से अधिक की राशि निकाल ली है नागपुर की छह एटीएम मशीनों से चौदह लाख रूपये की लूट करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने सुपेला के पास गिरफ्तार कर लिया है ये आरोपी बीती रात बाफना टोल प्लाजा में लगाए गए बैरीकेट्स को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे तभी पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया